श्री शर्मा ने राज्य में हुई घटनाओं का जिक करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल रही है इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है लेकिन इस मामले की तुलना राजस्थान के बारा में हुई घटना से किया जाना भी बेहद द्र्भाग्यपूर्ण है श्री गहलोत ने आज एक ट्वीट कर कहा कि इस मामले की जांच जारी है बारां मामले की कुछ लोग हाथरस जैसी वीभत्स घटना से तुलना करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं प्रदेश भाजपा की ओर से चलाए जा रहे किसान कल्याण संपर्क अभियान के तहत आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के जरिये अपने विचार साझा किए श्री मेघवाल ने हाल ही में लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर कहा कि कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाना समय की मांग है उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिये किसानों को मंडी के बाहर भी अपनी उपज बेचने का विकल्प दिया गया है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मंडी व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है साथ ही सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी पर खरीद लगातार जारी रहेगी केन्द्रीय रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अपने एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच गए हैं श्री गोयल प्रबुद्ध लोगो से संवाद करेंगे वे कोन्द्र सरकार द्वारा किसानों को मजबूत बनाने के लिए उठाये गये कदमों पर संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता सत्याग्रह सर्वोदय सर्वधर्म समभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल होंगे वहीं श्री गहलोत गांधी दर्शन से संबंधित कलाकृतियों का अवलोकन करने के बाद कोविड से संबंधित एक प्रस्तक का विमोचन करेंगे प्रदेश में आज से समाज कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है सप्ताह के पहले दिन आज अंतरराष्ट्रीय वृद्वजन दिवस पर कार्यकम हो रहे हैं सवाई माधोपुर में इस अवसर पर खेरदा के वृद्वाश्रम में बुजुर्गो को सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री अर्शाक गहलोत ने इस अवसर पर बुज़र्गों की देखभाल करने का नये सिरे से संकल्प लेने का आहबान किया है आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बुजुर्गों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान को हमें उजागर करना चाहिए

कल गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

न्यायालय ने केन्द्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो कि महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए इधर उत्तर पश्चिम रेलवे ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से परीक्षा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है

पेमासर गांव के पास आज सुबह कार और ट्रक की टेक्कर में कार में सवार थानाधिकारी सहित तीन पुलिस कर्भियों की मृत्यु हो गई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

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें